केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इस मानचित्र में देश की बंजर भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है बंजर भूमि के विभिन्न उत्पादक कार्यों के इस्तेमाल में इस मानचित्र से मदद मिलेगी विज्ञान उत्सव आज से कोलकाता में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है चार दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए रणनीति तय करना है

अर्जुन सिंह की जयंती प्रदेश भर में आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर प्रष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया जा रहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि श्री सिंह एक सहज सरल द्रदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे उन्होंने जीवन पर्यन्त सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य किया

इसका समापन कल होगा

शिवपुरी में जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं

इस दौरान भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए युवाओं को शपथ दिलाई गई